सांसदों की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसद किसानों के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें

बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे सांसद डॉक्टर ज्योत्सना महंत दीपक बैज और सांसद छाया वर्मा के अलावा मुख्य सचिव आरपी मण्डल के साथ कृषि और खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सांसद शामिल नहीं हुए बैठक में श्री बघेल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी केन्द्र सरकार से सेंट्रल पूल में धान खरीदी को लेकर नियमों को शिथिल करने की मांग की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष भी किसानों से पच्चीस सौ रूपए प्रति क्विटल की दर पर धान की खरीदी करेगी

इस मौके पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार के फैसलों का समर्थन किया इसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी सीपीआई सीपीआईएम एनसीपी के साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी किसानों के हित में राज्य सरकार के पक्ष का समर्थन किया है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ के विधायकों ने किसानों के हित में अपना एक महीने का वेतन देने का ऐलान भी किया है वहीं आज हुई तीसरी बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए किसान संगठनों और किसानों से सीधी चर्चा करते हए धान खरीदी के संबंध में सरकार के निर्णयों और कदमों की विस्तार से जानकारी दी दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक में पार्टी के सांसदों के उपस्थित नहीं होने के सवाल पर कहा कि यह सांसदों का खुद का निर्णय है डॉक्टर सिंह ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार का नीतिगत विषय है और वे इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से धान खरीदी का वायदा किया था और इसे पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को किसानों से पूरा धान खरीदना चाहिए मुख्यमंत्री पराली सुझाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में पराली जलाने से होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कृषि को मनरेगा से जोड़ने और पराली को जैविक खाद में बदलने का सुझाव दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या से निपटने की दिशा में छत्तीसगढ़ में प्रयास शुरू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य के दो हजार गांवों में गौठान बनाएं जा रहे हैं जहां जन भागीदारी से परालीदान कार्यक्रम जारी है सरकार इस पराली को गौठान तक लाने की व्यवस्था कर रही है और ग्रामीण युवा उद्यमी इसे खाद में बदल रहे है उन्होंने कहा कि यह कोशिश पराली समस्या का एक सम्पूर्ण हल है मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि एक आवर्तनशील प्रक्रिया है और जब उसके हर उत्पाद किसी न किसी स्वरूप में वापिस खेतों में जाएंगे तभी खेती बचेगी और मनुष्य स्वस्थ रहेगा उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने में मनरेगा और गौठान परंपरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

इसके दो कारण हैं किसान द्वारा धान की फसल के तुरंत बाद गेंहू की फसल लेना और पैरा डिस्पोजल के लिए सस्ती प्रक्रिया मौजूद नहीं होना है जबकि किसान जानते हैं कि इससे धरती की उर्वरकता नष्ट होती है और प्रदूषण उत्पन्न होता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अगर मनरेगा के नियोजन से इस पराली और दूंठ को जैविक खाद में बदलने के लिए निर्देश दे तो इससे खाद बनाया जा सकेगा और पराली नहीं जलाने से प्रदूषण भी नहीं होगा

दोनों की शिनाख्त कमांडर रैंक के माओवादियों के रूप में हुई है इनमें से एक माओवादी का नाम हिड़मा मंडावी है जो कटेकल्याण एलजीएस सदस्य था जबकि दूसरा माओवादी हूंगा मंडावी है जो कटेकल्याण मिलिशिया प्लाटून कमांडर था पुलिस ने दोनों पर एक एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के मुनगा के जंगलों में हुई पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि घटनास्थल से दो भरमार बंदूक और डेटोनेटर भी बरामद किया गया है मुख्यमंत्री रानीतराई प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आगामी एक दिसंबर से पन्द्रह फरवरी के बीच होगी लेकिन जरूरत पड़ने पर अवधि को और बढ़ाया जा सकता है यह बात मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले में पाटन विकासखण्ड के रानीतराई गांव में मड़ई मेले के समारोह को संबोधित करते हुए कही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रानीतराई में स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की उन्होंने आगामी बजट में रानीतराई में महाविद्यालय शुरू करने का प्रस्ताव रखे जाने का भरोसा भी दिलाया रानीतराई प्रवास के दौरान श्री बघेल ने किसानों के साथ चर्चा की और धान खरीदी के बारे में उनके विचार जाने

इसके लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं

समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह थे उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों की परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली पासिंग ऑऊट परेड में नौ सौ से अधिक नव आरक्षक शामिल हुए

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सिरपुर प्रवास के दौरान ऐतिहासिक स्मारकों का अवलोकन किया

इसमें भिलाई नगर निगम में ग्यारह और चरौदा नगर निगम में नौ एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं

इसमें जिला और विकसखंड स्तर पर प्रतिभागी भाग ले रहे हैं